प्रदेश की अस्सी लोकसभा सीटों में सतहत्तर के परिणाम घोषित साठ सीटो पर भाजपा का कब्जा दो पर बढ़त

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में शानदार जीत पर कहा एक बार फिर हुई भारत की जीत

भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने केन्द्र में सरकार बनाने के लिए भारी बहमत हासिल कर लिया है उसने पांच सौ तैंतालिस लोकसभा सीटों में से तीन सौ इकतालिस सीटें जीत ली हैं और दस पर बढ़त बनाए हुए है अकेले भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है उसे दो सौ बान्नवे सीटें मिल चुंकी हैं और ग्यारह सीटें पर आगे चल रही है यूपीए ने नवासी सीटें जीती हैं और दो पर आगे चल रही है कॉग्रेस को बावन सीटों पर विजय प्राप्त हुई हैं

गोरखपुर से फिल्म स्टार रविकिशन को जीत मिली है तो बांसगांव सुरक्षित सीट से लगातार तीसरी बार कमलेश पासवान सांसद बने हैं देवरिया से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने जीत दर्ज की है कृशीनगर नगर से भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे ने कॉंग्रेस के पूर्व केन्द्रीय मंत्री आर पी एन सिंह को हराया है महराजगंज संसदीय सीट पर एक फिर पंकज चौधरी को जीत हासिल हुई है डुमरियागंज संसदीय सीट को जगदम्बिका पाल ने लगातार तीसरी बार जीत लिया है बस्ती से हरीश द्विवेदी दोबार चुन लिए हैं संत कवीर नगर से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने जीत हासिल की है सलेमपुर से भाजपा प्रत्याशी रवीन्द्र कुशावाहा ने लगातार दूसरी बार जीत का परचम लहराया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में शानदार जीत पर कहा कि एक बार फिर भारत की जीत हई है कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में जनता का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सबको साथ लेकर आगे बढ़ेगा और समृद्व बनेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भारत के एक सौ तीस करोड़ नागरिकों का सर झकाकर के नमन करता हूँ दो हजार उन्नीस का ये जो मतदान का आंकड़ा है यह अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है देश के सामान्य नागरिक की भावना भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ने कहा एनडीए में लोगों के विश्वास से उनकी आकांक्राओं को पूरा करने में और अधिक ताकत मिलती है भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपार लोकप्रियता और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के कारगर संगठनात्मक कौशल को दिया है नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने विजय का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया उन्होंने कहा कि यह विजय देश की जनता की विजय है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले ग्यारह करोड़ कार्यकर्ताओं के परिश्रम की विजय है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जिन नीतियों के आधार पर काम किया हैं वह है सबका साथ सबका विकास भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में एन डी ए गठबंधन में फिर से विश्वास जताने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जीत पर बधाई दी है नई दिल्ली में कल कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वे नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाए जाने के जनता के फैसले का सम्मान करते हैं श्री राहुल गांधी ने कहा कि जनता मालिक है और मालिक ने जो आदेश दिया है उसका पालन करना होगा मैं सबसे पहले नरेन्द्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को बधाई दे रहा हूँ श्री गांधी ने अमेठी के चुनाव परिणाम पर स्मृति ईरानी को बधाई दी है उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता ने जो निर्णय लिया है उसकी मैं इज्जत करता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की कार्य समिति की बैठक में चुनाव के नतीजों की समीक्षा की जाएगी उद्योग जगत ने चुनाव परिणामों पर प्रसन्नता व्यक्त की है विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री की जीत पर बधाई दी नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी सफलता पर बधाई दी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आवे ने भी प्रधानमंत्री को चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के लिए बधाई दी है केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आज शाम नई दिल्ली में बैठक होगी समझा जाता है कि बैठक में सोलहवीं लोकसभा को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया जायेगा बैठक के बाद निवर्तमान मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की शानदार जीत के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को श्रेय देते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षो के दौरान श्री मोदी के नेतृत्व में हर तबके का विकास बिना भेदभाव के हुआ है और चुनाव नतीजों में जनता की भावनाएं और अपेक्षाएं परिलक्षित हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं अभिनन्द करता हूं